सुरक्षित दूरी बनाए रखे

मेटो उद्बाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्वाटन किया प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्वाटन किया देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे वर्च्अल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अन्सार शहरी ब्नियादी ढांचा विकसित करने के जरिये च्नौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि मेट्रो सहित परिवहन के आधुनिक साधनों का विस्तार शहरी लोगों की जरूरतों के अन्युसार किया जाना चाहिए

पहले चरण में चार राज्यों आंध्र प्रदेश ग्रजरात पंजाब और असम में दो दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधारहित बनाया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दो दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने और संबंणित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी इससे प्रक्रिया में आवश्यक सुधार सहित वास्तविक कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित द्वष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जायेगा अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराये जायेंगे मौसम प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर एक बार फिर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है कल रात को देहरादून हरिद्वार अल्मोड़ा नैनीताल टिहरी चमोली पौड़ी बागेश्वर पिथौरागढ़ समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हई आज भी कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होती रही और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ मौसम विभाग ने अन्मान व्यक्त किया है कि आज और कल उत्तरकाशी रूद्रप्रयाग चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और ढाई हजार मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों विशेषकर हरिद्वार उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं कोहरा छाये रहने की संभावना है कृषि मंत्री टिहरी प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कृषि कानून में किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों को ग्रमराह कर रहे हैं कृषि मंत्री ने टिहरी के हेवलघाटी स्थित कटाल्डी गांव में खनन विरोधी आंदोलन की रजत जयंती और पारंपरिक खानपान महोत्सव में शिरकत की

सीएम एम्स रेफर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को फेफड़ों में संक्रमण के बाद दिल्ली एम्स रेफर किया गया है उनके फिजीशियन डॉ एन एस बिष्ट ने बताया कि म्ख्यमंत्री का स्वास्थ्य सामान्य है फेफड़ों में हल्के संक्रमण के बाद एम्स दिल्ली के चिकित्सकों से परामर्श किया गया उनकी सलाह पर जरूरी परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली रेफर किया गया है

रेल लाइन परियोजना चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के निर्माण में जिला स्तर से जो भी कार्य अपेक्षित है वह समय पर किए जाएंगे परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने रेलवे के अधिकारियों को माइनिंग बैचिंग प्लांट स्टोन क्रशर लगाने और अन्य जरूरतों के लिए निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करने के निर्देश दिए ताकि समय से नियमानुसार अनुमति जारी की जा सके जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य के दौरान उत्सर्जित मलबे में से उपलब्ध उपय्क्त पत्थर और अन्य खनिजों के उपयोग की दशा में रॉयल्टी राजकोष में तत्काल जमा करवाने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि रॉयल्टी जमा न करने पर जुर्माना भी देना होगा सिवाई में मूआवजा वितरण के दो साल बाद भी क्छ मकान मालिकों द्वारा मकान खाली न करने पर जिलाधिकारी ने राजस्व उप निरीक्षक को मकान मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर मकान खाली कराने के निर्देश दिए सेना भर्ती अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में सेना की कोटा भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है

सेना भर्ती में आए हए युवाओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने जरूरी इंतजाम किए हैं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है भर्ती में शामिल होने वाले य्वाओं की कोरोना रिपोर्ट गेट पर ही चेक की जा रही है

इनमें से दो युवक अपने घर लौट गए हैं और एक युवक को कोविड सेंटर रानीखेत में आइसोलेट कर दिया गया है

इनमें एक नया परीक्षा केन्द्र इंटर कॉलेज घिंघारूतोला भी शामिल है जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी पदमेन्द्र सकलानी ने यह जानकारी दी

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग से जारी दिशा निर्देशों के अन्रूप व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत छात्र छात्राओं को परीक्षा केन्द्रों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाय भुकंप मॉकड़िल उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आने पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया भटवाड़ी विकासखंड के चिवा में भूकंप आने पर विभिन्न विभागों द्वारा सुरक्षा उपायों का अभ्यास किया गया